कानपुर में हई इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गर्जेन्द्र सिंह शेखावत डॉक्टर हर्षकर्धन आर के सिंह प्रह्लाद पटेल मनसुख मंडाविया तथा हरदीप सिंह पूरी के अलावा केन्द्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद थे प्रधानमंत्री ने अब तक हए कार्यो की प्रगति की समीक्षा की और गंगा की सफाई के लिए सुझाव दिये बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया जहां चौदह करोड़ लीटर रोज गन्दगी नदी में आती थी वो कैसे बन्द हुयी है वो हमने देखा प्रधानमंत्री ने उसका जायजा लिया आज की बैठक में भी उन्होंने सारे मुद्दों को स्पर्श किया नई नई कल्पनायें भी बतायीं तो एक गंगा सफाई का कार्यक्रम इतने अद्भुत तरीके से उत्तराखण्ड से लेकर बंगाल को जहां सागर में मिलती हैं गंगा वहां ढाई हजार किलोमीटर के पूरी गंगा को अविरल भी बहाना और साफ भी करना ये दोनों संकल्प किया है यूरोप की नदियों को साफ करने को तीस साल लगे हम उससे बहुत ज्यादा जल्दी मोदी जी के नेतृत्व में पूरी गंगा क्योंकि औद्योगिक प्रद्षण कम हुआ यहां आना अन्दर जो गंदगी आती थी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अट्ठाईस हजार करोड़ के लगे भी और क्छ पर काम चल रहा है और उसके साथ साथ सभी मोर्चो पर वहां वनीकरण भी हो रहा है तो यह एक जनान्दोलन बन चुका है गंगा साफ होती रहेगी मोदी जी के नेतृत्व में बह्त जल्दी होगी जितना समय यूरोप को लगा उतना हमें नही लगेगा बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे मिशन से जुड़ी एक प्रदर्शनी को देखा जिसमें गंगा की सफाई के लिए किये गये कार्यो को प्रदर्शित किया गया था और ब्यौरा हमारे संवाददाता से गौमुख से गंगासागर के पूरे सफर के दौरान गंगा में सबसे ज्यादा प्रदूषित जल कानपुर में प्रवाहित होता है

कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का आयोजन और यहां किये गए कार्यो की प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा किया जाना यह साबित करता है कि गंगा की सफाई सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार कानपुर राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री के साथ पिछले कुछ वर्षो में नमामि गंगे के तहत हए बदलावों का आकलन करने के लिये गंगा बैराज के पास नवनिर्मित अटल घाट गये जहां उन्होंने मोटर बोट पर सवार होकर गंगा नदी की सफाई के लिये किये गये कार्यों का जायजा लिया सभी वाहनों के लिए स्वतः भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत प्रीपेड रिचार्जेबल फास्टैग कल सुबह आठ बजे से अनिवार्य हो जाएगा सरकार ने नेशनल इलैक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन सिस्टम शुरू किया है इससे समय और ईंघन की बचत होगी प्रदषण रोकने में मदद मिलेगी और निर्बाध यातायात सुनिश्चित होगा फास्टैग से वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर शुल्क देने के लिए रूकना नहीं पड़ेगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने समी टोल प्लाजा पर इलैक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन सिस्टम की व्यवस्था कर दी है टोल प्लाजा में दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर सभी लेन को फास्टैग लेन बनाया गया है इलैक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन लेन में बगैर फास्टैग के चलने वाले वाहनों को दोगुना शुल्क देना पड़ेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पिछले रविवार को हुई केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों का खंडन किया है अखबार की खबरों में बताया गया था कि ये प्रस्नपत्र कानपुर से लीक किए गए थे सीबीएसई ने एक बयान में कहा कि परीक्षा श्रू होने से डेढ़ घंटे पहले पर्चे लीक होने की खबर भ्रामक और आधारहीन है कुशीनगर जिले के फाजिलनगर में कारगिल शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी पन्द्रहवीं अखिल भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता आज से शुरू हो गयी प्रतियोगिता का उद्घाटन अर्जुन पुरस्कार प्राप्त व भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी एस वी सुनील व पूर्व सांसद राजेश पाण्डेय ने किया प्रतियोगिता में दिल्ली हरियाणा पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और पंजाब की टीमें भाग ले रही हैं प्रतियोगिता का फाइनल मैच इक्कीस दिसम्वर को खेला जायेगा प्रतियोगिता में विजेता टीम को एक लाख पच्चीस हजार रुपये नकद एवं ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को पचहत्तर हजार रुपये नकद एवं ट्रॉफी प्रदान की जायेगी लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क को दो दिनों के लिये पर्यटकों के लिये बन्द कर दिया गया है फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि बारिश के कारण दुधवा नेशनल पार्क के रास्तों पर जल भराव है जिसे देखते हुए पर्यटकों के प्रवेश पर दो दिनों आज और कल प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया गया है